आग लगने के बाद रांची के खलारी में सीसीएल की चूरी भूमिगत खदान को सील किया जा रहा है बोकारो से गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली की निशानदेही पर पुलिस ने दुमका के जंगलों से मारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किया

जबकि सक्रिय केसों की संख्या आठ हजार नौ सौ इक्यासी है

प्रभारी सिविल सर्जन डॉ एसके सिंह ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी मरीजों को राजहार स्थित कोविड केयर सेंटर में इलाज किया जा रहा है उपायुक्त जिशान कमर के निर्देश पर कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आये व्यक्तियों की ट्रेसिंग की जा रही है

इनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग कर जिला प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रहा है

देश रिकार्ड भारत ने कल एक ही दिन में कोरोना महामारी के सात लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण कर शानदार उपलब्धि हासिल की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार एक ही दिन में छह लाख से अधिक परीक्षणों का सिलसिला जारी है

मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को संक्रमित व्यक्तियों का व्यापक रूप से पता लगाने उन्हें तत्काल औरों से अलग रखने और उनके लिए कारगर उपचार की व्यवस्था करने को कहा गया है

यह संख्या इस समय इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में दोगुने से अधिक है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर विभिन्न उपायों पर अमल करने से बड़ी संख्या में ठीक मरीज हो रहे हैं ऑक्सीजन बैंक कोरोना संकट के इस काल में कई सामाजिक संस्थाएं मदद के लिए आगे आ रही हैं जमशेदपुर में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा कोरोना मरीजों सहित आम नागरिकों की सुविधा के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन बैंक शुरू किया गया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

सभी याचिका और आवेदन ऑनलाइन ही दायर किए जाएगे हाईकोर्ट के कर्मचारियों और गैर न्यायिक अधिकारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद मामले की सीमित सुनवाई की जा रही थी

जिसके बाद रेस्क्यू टीम के द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया था लेकिन कल सुबह फिर आग भड़क उठी घटना की जानकारी मिलने पर सीसीएल डाइरेक्टर टेक्निकल और डीजीएमएस के अधिकारी चुरी पहुँचे और मामले को गंभीरता को देखते हुए खदान को सील करने का आदेश दिया गया है हादसा गिरिडीह जिले में कल एक सड़क द्र्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है जिले के देवरी खिजरी पथ पर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़े दो व्यक्तियों को एक तेज रफ्तार से आ रही एक मोटरसाइकिल सवार ने अपनी चपेट में ले लिया दोनो व्यक्तियों को धक्का मारने के बाद अनियंत्रित मोटरसाइकिल सवार एक पेड़ से टकरा गया घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जँहा सभी ने दम तोड़ दिया

पुलिस ने हथियारों की यह बरामदगी भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के दुर्दांत अपराधी और संगठन के संताल परगना के जोनल कमांडर नक्सली सहदेव मांझी उर्फ निशिकांत उर्फ छोट् मांझी की निशानदेही पर की है

हथियारों की बरामदगी में शामिल पुलिस अधिकारियों और जवानों को इस कामयाबी के लिए सम्मानित किया गया

संयुक्त मोर्चा ने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया है कल संयुक्त मोर्चा की वर्चुअल बैठक में इस पर सहमति बनी संयुक्त मोर्चा की ओर से जारी विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई केन्द्र सरकार द्वारा कर्मशियल माईनिंग के लिए कोल ब्लॉक की निलामी अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है इसे लेकर संयुक्त मोर्चा ने यह निर्णय लिया है

जिले के उग्रवाद प्रभावित पेशरार और किस्को प्रखंड क्षेत्र में नाशपाती की बागवानी के लिए सहमति बनी है इन इलाकों में विशेषज्ञों द्वारा सर्वक्षण भी शुरू कर दिया गया है

रेल स्वच्छता रेल विभाग स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में आज से स्वच्छता सप्ताह मनाएगा इस दौरान विशेष सफाई अभियान चलायें जाएंगे और रेललाइनों स्टेशनों कार्यालयों आवासीय बस्तियों कार्यस्थलों और स्टेशनों के आसपास के इलाकों में विशेष ध्यान दिया जाएगा रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेललाइनों पर बिखरे प्लास्टिक कचरे को विशेष तौर पर हटाया जाएगा चूंकि रेललाइनों पर यात्री रेलगाड़ियों की संख्या कम है इसलिए इस समय का उपयोग रेललाइनों को साफ करने के लिए किया जाएगा इस दौरान एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा जिसमें रेलवे के कर्मचारी यात्रियों से रेलगाड़ी स्टेशन और रेललाइनों को साफ रखने का अनुरोध करेंगे

गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने कल अवैध लकड़ी लदा एक ट्रक जप्त किया है

चतरा जिले के पत्थलगडा में हुई मूसलाधार बारिश से कई कच्चे मकान गिर गये बारिश का पानी दो सौ से अधिक घरों में घुस गया जिससे व्यापक क्षति हुई है गोड्डा के कुरमन गांव में घर की दीवार ढहने से एक बच्ची की मौत हो गई चतरा जिले का हंटरगंज बाजार कल बिजली की अनियमित आपूर्ति को लेकर पूरे दिन स्वतः स्फूर्त बंद रहा अखबारों की सुर्खियां आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है सभी अखबारों ने किसानों के लिए केन्द्र सरकार की एक लाख करोड़ की योजना लॉच करने की खबर को प्रमुखता से लिया है दुनिया में कोरोना के दो करोड़ मरीज इनमें ग्यारह प्रतिशत भारत में इस शीर्षक के साथ बढ़ते कोरोना संक्रमण की खबर को दैनिक भास्कर ने अपनी सुर्खी बनाई है इसके अलावा रांची में पहली बार एक दिन में संक्रमितों से स्वस्थ हुए कोरोना के मरीज की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है किसानों के लिए एक लाख करोड़ रूपये की केन्द्र की योजना की शुरूआत इस खबर को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक हिन्दुस्तान ने रक्षा सामान बाहर से नहीं आएंगे इस शीर्षक के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सैन्य उत्पादन बढ़ाने के लिए एक सौ रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने की खबर को अपने पहली सुर्खी बनाई है इसके साथ ही कोयलकर्मियों की अठारह अगस्त को प्रस्तावित हड़ताल स्थगित होने की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण ने देश में ही होगा मिसाईल से लेकर रडार तक का निर्माण इस शीर्षक के साथ सैन्य उपकरणों के आयात पर रोक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने देवघर जिले में सैप्टिक टैंक में दम घुटने से छह लोगों की मौत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है